संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से हो रहा है शुरू आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात पर्यटन स्थलों पर भी महिला पर्यटकों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश राज्य में गर्मी का असर बढ़ा मौसम विभाग ने अगले आठ दस दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव की जताई संभावना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

भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जिसने इतने कम समय में अधिक लोगों का टीकाकरण किया है

इधर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी बनी हुई है

राहत यह रही कि संक्रमण से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई

राज्य में चूरू एकमात्र ऐसा जिला है जहां एक भी सक्रिय केस नहीं है

आठ जिलों बारां बूंदी चूरू धौलपुर जालौर झुंझुनूं सीकर और टोंक में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की है कि सरकार को स्वास्थ्य अनुसंधान का खर्च बढ़ाकर कोरोना पर व्यापक शोध करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कल एक ट्वीट कर कहा कि हम सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट में वायरस जनित बीमारियों की जांच उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वॉयरोलोजी की स्थापना करने का ऐलान किया है

यह निर्णय कोरोना संक्रमण के दुबारा बढ़ रहे खतरे को ध्यान में रखते हुए किया गया है

कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी राज्यसभा की बैठक सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक आयोजित की जायेगी जबकि लोकसभा शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी

विश्व में लैंगिक समानता महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिन मनाया जाता है

इस अवसर पर आज राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को रोड़वेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि रोडवेज की राज्य की सीमा में संचालित सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में ये सुविधा उपलब्ध है इधर केन्द्र सरकार के सभी पुरातात्विक स्थलों पर आज महिला पर्यटकों को प्रवेश निःशुल्क का उपहार दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई और श्भकामनायें दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि समाज को नारी शक्ति के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी मुख्यमंत्री ने लोगों से आहवान किया कि महिलाओं को आगे बढने के लिये समान अवसर प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभायें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जयपुर में पिंक रन राइड साइकिल रैली निकाली गई स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने इस हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इधर कार्यक्रमों की श्रृंखला मे कल जयपुर में शक्ति आर्ट कैम्प की शुरूआत हुई

जयपुर के जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है कुलपति डॉ अनुला मौर्य की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में विशिष्ट सेवाओं के लिए महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कल सवाई माधोपुर में महिला थाने में महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया

परीक्षा अवधि के अनुपात में ही पेपर का पूर्णांक होगा

हनुमानगढ चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में आज कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है